मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक ट्वीट में जानकारी दी है कि इस वर्ष मार्च से जून माह तक प्रदेश में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त एक हजार रूपए प्रति माह दिए जाएंगे मंत्रिमंडल इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में होगी बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा होगी मुख्यमंत्री आज सभी जिलों के उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कांफैसिंग के माध्यम से बैठक भी करेंगे इस दौरान वे अधिकारियों से कोरोना महामारी से निपटने में उठाए जा रहे कदमों और मौजूदा स्थिति की जानकारी लेंगे

इनमें अधिकांश संकमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापिस आए हैं

विशेष रेल सेवा लॉकडाउन के कारण बाहरी राज्यों में फंसे हिमाचल के लोगों को वापिस लाने का कम जारी है

ऊना से जिला संवाददाता राजेश शर्मा ने बताया कि जांच के बाद सभी लोगों को पथ परिवहन निगम की बसों के माध्यम से संबंधित जिलों के लिए रवाना किया गया इस दौरान उन्हें खाद्य सामग्री मास्क और सेनेटाईजर भी दिए गए सभी लोगों को अब उनके जिलों में बनाए गए संस्थागत स्वारंटीन केंद्रों में रखा जाएगा ऑनलाईन कृषि सुझाव वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से जहां पूरी दुनिया प्रभावित है वहीं हिमाचल के किसानों ने इसे एक अवसर के रूप में लिया है कृषि विभाग के अधिकारियों ने सोशल मीडिया व्हाट्सएप का सहारा लिया है और ब्लॉक जिला व राज्य स्तर पर व्टसएप ग्रप बनाए गए हैं कृषि अधिकारी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से किसानों के खेतों तक पहुंच कर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे है और किसानों को प्राकृतिक खेती करने के भी टिप्स दे रहे हैं

इसके अलावा प्रत्येक ब्लॉक में तीन अधिकारी और जिला स्तर पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तैनाती भी की गई है जो लॉकडाउन के दौरान भी किसानों के साथ फोन के माध्यम से लगातार संपर्क में हैं अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने कोरोना संकमण के बढ़ते मामलों और नए डीजीपी के चयन संबंधी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल की सूर्खी है संजय कुंडू होंगे अगले डीजीपी हिमाचल दस्तक लिखता है डीजीपी चयन प्रक्रिया पूरी एलान बाकी

मौसम को लेकर अमर उजाला लिखता है प्रदेश में आज से बिगड़ सकता है मौसम जबकि हिमाचल दस्तक का शीर्षक है प्रदेश को तपती गर्मी से मिलेगी राहत आज से एक जून तक मौसम खराब रहने का अनुमान